इसका प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा और यह वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा कार्यक्रम आकाशवाणी डीडीन्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पहली अक्तूबर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बैठक में रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने तथा आयुर्वेद विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी चर्चा की गई

इनका उद्देश्य युवा पीढ़ी को राष्ट्रपिता के जीवन चरित्र उनकी शिक्षाओं स्वतन्त्रता संग्राम में उनके योगदान से अवगत करवाना है

वहीं जिला प्रशासन शिमला ने उपायुक्त कार्यालय में बापू के जीवन पर एक वृत चित्र दिखाया

आज विश्व पर्यटन दिवस है इस वर्ष पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास दुनियाभर में बड़े शहरों के बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के अवसर उपलब्ध करवाने में पर्यटन की अनुठी भूमिका रहती है

इधर शिमला में पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर पर्यटन विभाग के निदेशक यूनुस की अध्यक्षता में ज़िला पर्यटन अधिकारियों सहित होटल व एडवेंचर एसोसिएशन के लिए वेबिनार का आयोजन किया उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में आने वाले दिनों में पर्यटन उद्योग फिर गति पकड़ेगा

उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बीच बीते दिनों जारी एसओपी के तहत परीक्षा ली जाएगी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उपमंडलों पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों की परीक्षा जिलों के कोविड केयर केंद्रों में ली जाएगी परीक्षा के दौरान ड्यूटी देने वाले कर्मचारी पीपीपी किट पहनेंगे स्वास्थ्य विभाग के सभी नियमों का पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है विधायक निधि बहाल एक अक्तूबर से खुलेंगे आईटीआई अमी नहीं चलेंगी इंटर स्टेट बसें पंजाब केसरी की सुर्खी है आईटीआई में एक अक्तूबर से शुरू होंगी प्रशिक्षण गतिविधियां दिव्य हिमाचल के शब्द हैं विधायक निधि बहाल जल्द बनेगा हिमानी चामुंडा रोप वे हिमाचल दस्तक लिखता है प्रशिक्षण कोर्स पूरा होने के बाद नवंबर में होंगी परीक्षाएं प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण लिखता है चार जगह रहेगी मोदी के स्वागत की व्यवस्था एक जगह मुख्यमंत्री दो जगह मंत्री व एक स्थान पर विधानसभा उपाध्यक्ष स्वागत के लिए रहेंगे अमर उजाला की सुर्खी है पीएम मोदी ने सीएम से की बात कार्यक्रम छोटा करने के लिए कहा